हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑन लाइन प्लैटफार्म सहित कई पोर्टल की श्रूआत की हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे पर रन वे विस्तार का कार्य शीघ्र श्रू होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना की है और कहा है कि यह पहले से लागू शिक्षा नीतियों के सिद्धांत को बदल देगी उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय य्वाओं को रोज़गार और नौकरियों के क्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगी प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से स्म्बोधित करते हये कहा कि नई शिक्षा नीति में देश भर से लगभग दो लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव शामिल किये गये है उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांशाओं को पूरा करने की चाबी है और इस बात पर बल दिया कि इसे लागू करने में सरकार का हस्ताक्षेप और दबाव कम से कम होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने में शिक्षकों अभिभावकों और छात्रों की भागीदारी इसे ज्यादा सार्थक बनायेगी उन्होंने कहा कि यह नीति बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को देश में कैम्पस खोलने में मार्ग प्रस्शत करेगी ताकि आम परिवारों के बच्चों को इनमें शिक्षा का अवसर मिल सकें

श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्रणाली एक लोकतांत्रिक समाज का आधार है इसलिए सरकारी शिक्षण संस्थाओ को मजबूत करना महत्व रखता है उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने सुझाव दिया है कि बच्चों की पौष्टिकता में सुधार लाने के लिए नाश्ते या दोपहर के खाने में दूध दिया जा सकता है उन्होंने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को फोन पर यह स्झाव दिया मंत्री ने उप राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि सरकार सरकार को मिड डे मील योजना में दूध शामिल करने का यह सुझाव देना सुनिश्चित करेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने नये शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज एक ऑन लाइन दाखिला प्लेटफार्म की श्रूआत की इस प्लेटफार्म की मदद से छात्र घर पर ही अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ने किसी भी दाखिला सम्बधी प्रश्नों का हल के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट एप्प चैट वाट आपका मित्र की श्रूआत भी की

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास में अहम भमिका निभाती है इसलिए प्रदेशा में यह स्निश्चित करना होगा कि राज्य का प्रत्येक युवा शिक्षित और संस्कारी हो उन्होंने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अन्संधान पर अधिक ध्यान देने और छात्रों के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि ऑन लाइन दाखिला पोर्टल प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनायेगा रफाल लड़ाकु विमानों को दस सितम्बर को अम्बाला स्थित वायु सेना स्टेशन पर विधिवत रूप से वाय् सेना में शामिल किया जायेगा

हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार हवाई अड्डे पर टैक्सी वेअ का काम श्रू हो गया है और जल्द ही रन वे विस्तार का कार्य भी श्रू हो जायेगा वे आज चंडीगढ़ में हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से रू ब रू हो रहे थे एक प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार हवाई अड्डे को लेकर पर्यावरण विभाग की अनापत्ति इसी माह मिलने की उम्मीद है लेकिन सरकार ने काम करने वाले एजेंसी को मशीनें रखने की अन्मति दे दी है अनापत्ति पत्र मिलते ही रन वे विस्तार का काम तत्काल शुरू हो जायेगा और उसके बाद टर्मिनल बनाना भी श्रू कर दिया जायेगा

सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि आज दो कोविड मरीज़ों की मृत्य् भी हो गई

आज फिर प्लिस अधीक्षक कार्यालय के एक कर्मचारी के पोजिटिव आने पर उसके सहयोगियों के भी नमूने लिये जा रहे है

जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाईएमसीए फरीदाबाद के क्लपति प्रो दिनेश कुमार ने नई शिक्षा नीति में महिलाओं की भूमिका को परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा को अपनी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना होगा क्लपति प्रो दिनेश क्मार विश्वविद्यालय की एनएसएस विंग द्वारा भागीदारी जन सहयोग समिति एवं अन्य सहयोगी संस्थानों के संय्क्त तत्वावधान में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोकथाम को लेकर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे सत्र का संचालन भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ ने किया